वाल्मिकीनगर लोकसभा उपचुनाव के लिए भी आज तक ही भरे जायेंगे नामांकन पत्र

चौबीस उम्मीदवारों ने अपने पर्चे वापस लिये

बाईस अक्टूबर को डाले जायेंगे वोट बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

एनडीए और महागठबंधन के नेता मतदाताओं को लुभाने के लिए राज्य के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों का तूफानी दौरा कर रहे हैं इस सिलसिले में जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल जहानाबाद गया और औरंगाबाद जिले के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाओं को संबोधित किया श्री कुमार ने कहा कि राजद द्वारा दस लाख सरकारी नौकरी देने की बात मात्र एक छलावा है उन्होंने कहा कि राजद नेता को यह बताना चाहिए कि इसके लिए पैसे कहां से आयेंगे जदयू अध्यक्ष आज सिवान जहानाबाद और पटना जिले में पांच चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे भाजपा के वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने अररिया के कुर्साकांटा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार अब प्रगति पथ पर आगे बढ़ चुका है वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता नित्यानंद राय ने समस्तीपुर और हाजीपुर में जनसभाओं को संबोधित करते हुए लोगों से विकास की गति को और बढ़ाने के लिए एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान की अपील की राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने गया और नवादा जिले में चूनावी सभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य के लोग भूख भ्रष्टाचार और बेरोजगारी से जूझ रहे हैं राज्य में हर तरफ पलायन है श्री यादव आज औरंगाबाद गया जहानाबाद पटना और भोजपुर जिले में नौ चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे कांग्रेस के बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने जदयू और भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये दोनों ही दल मुद्दों पर बात नहीं करना चाहते हैं पटना में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोहिल ने कहा कि एनडीए के पास लोगों के सामने दिखाने के लिए कोई काम नहीं है जिसके आधार पर वो वोट मांग सके वहीं भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने जहानाबाद जिले में जनसभाओं को संबोधित करते हुए लोगों से महागठबंधन उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान की अपील की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेन्द्र कुशवाहा ने मधुबनी के बाजपट्टी में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि लोग इस बार परिवर्तन चा रहे हैं जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव भी लगातार चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं प्लुरल्स पार्टी की प्रमुख प्रष्पम प्रिया चौधरी ने सुल्तानगंज तारापुर बेलहर अमरपुर बांका और धोरैया में पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में रोड शो किया इधर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा आज बक्सर और भोजपुर जिले में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी कैमूर अरवल और रोहतास जिले में चुनावी सभाओं को संबोधित करने का कार्यक्रम है उनके साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता अश्विनी कुमार चौबे भी मौजूद रहेंगे लोक जन शक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने दावा किया है कि उन्हें चुनाव में जदयू से अधिक सीटें आयेंगी एक ट्वीट में श्री पासवान ने कहा कि जिस तरह लोगों का प्यार मिल रहा है उससे नये बिहार के निर्माण का उनका संकल्प और मजबूत हुआ है उन्होंने कहा कि दस नवम्बर को परिणाम चौंकाने वाले होंगे इस बीच जदयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि पार्टी चिराग पासवान को नोटिस नहीं करती है उन्होंने कहा कि चुनाव परिणाम से सब कुछ स्पष्ट हो जायेगा विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए आज नामांकन का अंतिम दिन है कल नामांकन पत्रों की जांच होगी जबकि नाम वापसी की अंतिम तारीख तेईस अक्टूबर है इस चरण के लिये मतदान सात नवंबर को होगा च्रनाव आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार तीसरे चरण में अब तक तीन सौ सैंतीस उम्मीदवारों ने नामजदगी का पर्चा दाखिल किया है इधर वाल्मिकीनगर लोकसभा उप चुनाव के लिए भी आज ही नामांकन पत्र भरने का अंतिम दिन है अब तक केवल एक उम्मीदवार ने पर्चा दाखिल किया है विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिये एक हजार पांच सौ दस उम्मीदवार चूनावी मैदान में है कल नाम वापसी के अंतिम दिन चौबीस उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र वापस लिया इस चरण के लिये एक हजार छह सौ अंठानवे उम्मीदवारों ने नामांकन किया था इस चरण में राजद के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव और तेज प्रताप यादव के साथ साथ भाजपा उम्मीदवार और राज्य सरकार के मंत्री नंदकिशोर यादव की प्रतिष्ठा दांव पर है जदयू उम्मीदवार और मंत्री श्रवण कुमार तथा रामसेवक सिंह और भाजपा कोटे से मंत्री राणा रणधीर के राजनीतिक भाग्य का भी फैसला होना है इसके अलावा चंद्रिका राय अनंत सिंह सुभाषिनी राज राव लव सिन्हा प्रष्पम प्रिया चौधरी और लवली आनंद भी इसी चरण में अपनी किस्मत आजमा रही हैं दूसरे चरण में तीन नवम्बर को चौरानवे विधानसभा सीटों पर मतदान होगा भारतीय जनता पार्टी ने अनुशासनहीनता के आरोप में दो वर्तमान और तीन पूर्व विधायकों के साथ साथ एक पूर्व विधान पार्षद को पार्टी से छह साल के लिए निष्कासित कर दिया है अमनौर से विधायक शत्रुघ्न तिवारी सिवान के विधायक व्यासदेव प्रसाद पूर्व विधायक तारकेश्वर सिंह रामदेव महतो ललन कुंवर और पूर्व एमएलसी मनोज सिंह को पार्टी से निकाला गया है ये सभी एनडीए के उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव मैदान में हैं इधर राजद ने पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में अपने दो नेताओं कृष्णा कुमार यादव और गोपाल कृष्ण को निष्कासित कर दिया है जन अधिकार पार्टी ने अपने उनचास उम्मीदवारों की सूची जारी की है बनमनखी से संजीव कुमार पासवान मोरवा से सूर्य नारायण सहनी और पिपरा से महेन्द्र साहु को उम्मीदवार बनाया गया है बिहार विधान परिषद् की शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की आठ सीटों के लिए चुनाव प्रचार आज शाम पांच बजे समाप्त हो जायेगा

जिन सीटों के लिए चुनाव होना है उनमें पटना दरभंगा तिरहुत और कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र तथा पटना दरभंगा तिरहत और सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से उनसठ प्रत्याशी मैदान में हैं जबकि शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से तैंतालीस उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या चार लाख सात हजार आठ सौ नवासी है वहीं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में चालीस हजार चार सौ तेरह मतदाता उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे उन्होंने बताया कि स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए छह सौ तैंतीस और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए तीन सौ चालीस बूथ बनाये गये हैं मतदान केन्द्रों के दो सौ मीटर के दायरे में वाहनों की आवाजाही पर रोक रहेगी अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि शांतिपूर्ण निष्पक्ष और स्वतंत्र मतदान सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किये गये हैं साथ ही कोविड से बचाव को लेकर हर जरूरी एहतियाती उपाय किये गये हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा कोरोना से बचाव के लिए सुझाये गये तीन आसान उपायों को लोग अपनी दिनचर्या में शामिल कर रहे हैं शेखपुरा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अरविंद कुमार सिंह ने लोगों से इन पर अमल करने की अपील की है

यह दर राष्ट्रीय औसत से छह दशमलव दो एक प्रतिशत से अधिक है एक दिन में नौ सौ बारह रोगी स्वस्थ हुए हैं इसके साथ ही राज्य में स्वस्थ होने वालों की संख्या बढकर एक लाख तिरानवे हजार सात सौ नवासी हो गई है संक्रमित मामलों की संख्या में निरंतर कमी आ रही है इस समय दस हजार तीन सौ इकतीस रोगियों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है इधर प्रदेश में कोविड के कारण मरने वालों की संख्या एक हजार के आंकड़े को पार कर गयी है एक दिन में सात लोगों की मौत के साथ ही मृतकों का आंकड़ा बढ़कर एक हजार तीन हो गया है स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा कि राज्य में प्रतिदिन एक लाख से अधिक कोविड जांच की जा रही है कोविड उन्नीस को देखते हुए पटना उच्च न्यायालय में पच्चीस नवम्बर तक विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से ही सुनवाई होगी मुख्य न्यायाधीश संजय करोल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस संबंध में स्वतः दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया शारदीय नवरात्र के आज चौथे दिन देवी दुर्गा के कूष्मांडा स्वरूप की पूजा अर्चना हो रही है हिन्दू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार देवी का यह स्वरूप कष्टों और संकटों से मुक्ति दिलाता है त्यौहारों पर उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए रेलवे आज से पूजा स्पेशल ट्रेनों का परिचालन शुरू कर रहा है पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि दानापुर मंडल से चौदह स्पेशल ट्रेनों का परिचालन शुरू हो रहा है जबकि पूर्व मध्य रेलवे के विभिन्न स्टेशनों से छब्बीस जोड़ी ट्रेन चलेगी इन रेलगाड़ियों में राजेन्द्र नगर से नई दिल्ली राजेन्द्र नगर से जम्मू तवी पटना से छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पटना से पुणे और पटना से वास्कोडिगामा एक्सप्रेस ट्रेन प्रमुख हैं इन रेलगाड़ियों का परिचालन प्रतिदिन सप्ताह में दो दिन और साप्ताहिक आधार पर किया जा रहा है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने अगले वर्ष होने वाली इंटर की वार्षिक परीक्षा में फार्म भरने का छात्रों को एक और मौका दिया है छात्र अब तेईस अक्टूबर तक फार्म भर सकते हैं वहीं इंटरमीडिएट में नामांकन के लिए स्पॉट एडमिशन की अंतिम तिथि भी तेईस अक्टूबर तक बढ़ा दी गयी है बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड का सर्वसम्मति से मोहम्मद इरशादुल्लाह को अध्यक्ष चुना गया है हज भवन में राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव और निर्वाची पदाधिकारी आमिर सुबहानी की उपस्थिति में उनके नाम पर बोर्ड के सदस्यों ने सर्वसम्मति जतायी अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां चुनाव प्रचार से जुड़ी खबरों को दैनिक जागरण प्रभात खबर हिन्दुस्तान और दैनिक भास्कर ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है दैनिक भास्कर ने चिराग पासवान के रूख पर अमित शाह के बयान को प्रमुखता देते हुए लिखा है पोस्टर पर नाम से कुछ नहीं होता जनता फैसला करेगी दैनिक जागरण ने लिखा है नौकरी के नाम पर भ्रष्टाचार का खेल होगा सावधान रहें नीतीश हिन्दुस्तान ने लिखा है चुनाव आयोग के विशेष व्यय पर्यवेक्षक ने प्रत्याशियों की बेनामी और घोषित संपत्तियों की जांच की अन्शंसा की प्रभात खबर की सूर्खी है गांव के ब्रथों पर आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की भी होगी तैनाती आज और राष्ट्रीय सहारा ने भी बिहार विधानसभा चुनाव की खबरों को ही अपनी प्रमुख सुर्खी बनाया है और अब अंत में मुख्य समाचार पहले और दूसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार ने पकड़ी रफ्तार

वाल्मिकीनगर लोकसभा उपचुनाव के लिए भी आज तक ही भरे जायेंगे नामांकन पत्र

चौबीस उम्मीदवारों ने अपने पर्चे वापस लिये

बाईस अक्टूबर को डाले जायेंगे वोट